जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये हैं

श्री चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में संबंधित क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक के निलंबन के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह अवैध रूप से नशीली वस्तुओं का विक्रय और व्यापार हर स्थिति में रोका जाए श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए गौरतलब है कि खारा कुआं थाना के टीआई और अन्य अमले को पूर्व में ही घटना में लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया जा चुका है

आज देवी के ब्रहमचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी भोपाल में विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्वालु सुबह से देवी दर्शन के लिये पहुंचने लगते हैं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की वजह से नवरात्रि उत्सव की रौनक में कर्मी महसूस की जा रही है लेकिन श्रद्धालू पूरे उत्साह के साथ पर्व मना रहे हैं मुख्य बाजारों और चौराहों पर लगने वाली झांकियों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आ रही है कोरोना संकमण के कारण लोग बचाव के उपायों का इस्तेमाल करते हुए कम संख्या में झांकियों में देवी के दर्शनो के लिये पहुंच रहे हैं नवरात्रि उत्सव सभितियों ने इस बार गरबा और अन्य सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन नहीं किया है मौसम उत्तर पूर्वी हवाए तेज नहीं चलने और आसमान में हल्के बादल छाये रहने और ध्रप निकलने से प्रदेश के मौसम में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है पिछले वर्षों में नवरात्रि तक गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ जाता था लेकिन इस दफा सर्दी का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जल्दी बंगाल की खाड़ी में कोई वैदर सिस्टम बनने के बाद उसके मूवमेंट के आधार पर ही प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे समाचार संक्षेप में अब रविवार को भी आधार कार्ड में संशोधन कराया जा सकता है इसके लिये आधार सेंटर खुले रहेंगे

ये लोग लखानादोन से बरमान में नर्मदा स्नान के लिये जा रहे थे एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी